बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू

राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छह जुलाई को

और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हई

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया छब्बीस जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में इक्कीस बैठकें होंगी विधान सभा में दिवंगत पूर्व विधायकों और अन्य गणमान्य लोगों को श्रद्वांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई सदन में मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में संदिग्ध दिमागी ब्रखार से मरने वाले बच्चों को भी श्रद्धांजलि दी गई सदन में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण सहित नौ विधेयक सदन के पटल पर रखे गये विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों का स्वागत भाषण करते हुए सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया विधान परिषद की कार्यवाही भी आज कार्यकारी सभापति हारुण रशीद के भाषण के साथ शुरु हुई श्री रशीद ने सदस्यों को नेशनल ई विधान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नेवा के कार्यान्वयन की जानकारी दी उन्होंने कहा कि अब सदस्य सत्र के दौरान परिषद् सचिवालय को अपने प्रश्न ऑनलाइन भेज सकते हैं उन्होंने कहा कि नेवा सॉफ्टवेयर के सफलतम उपयोग में देश भर में बिहार विधान परिषद् अव्वल आया है राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे ने कहा कि विधानमंडल के चालू सत्र के दौरान संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से बच्चों की हो रही मौत के मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जायेगा उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की नाकामी को उजागर किया जाएगा समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेश्वर चौक के पास पुलिस ने एक वाहन से लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का गांजा जब्त किया है वाहन जांच के दौरान प्रलिस को यह सफलता प्राप्त हुई समस्तीपुर से रोसड़ा जा रहे वाहन पर लगभग आठ सौ किलोग्राम गांजा लदा हुआ था कार्रवाई के दौरान वाहन चालक और एक अन्य व्यक्ति फरार हो गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के बाद मन की बात का यह पहला कार्यक्रम होगा

बाईट हम सब ने तय किया है कि जब पूज्य बापू की एक सौ पचासवीं जयंती हो तो उन्हें हम उनके सपनों का भारत स्वच्छ भारत देने की दिशा में कुछ न कुछ करेंगे स्वच्छता की दिशा में देश भर में व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहा है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी से भी परिवर्तन नजर आने लगा है स्वच्छता सिर्फ सरकार करें ऐसा नहीं है हर नागरिक एवं नागरिक संगठनों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे संवाददाता ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव के बारे में कुछ लोगों से बात की

स्वच्छता तो जरूरी है

बड़े जब समझे तब वो बच्चों को समझाएं और फिर उसकी वजह से स्वच्छता है वो आगे बढ़ गई अभी

डस्टबीन में कूडा फेंक देना चाहिए उनको हमारे प्रधानमंत्री जी सूचना दे रहे हैं तो उससे लोगों को सावधान तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरा नाम संतोष कुमार हैदिव्यांग परसन हूं शौचालय तो बहुत अच्छा दिव्यांगों के लिए नरेन्द्र मोदी की एक अच्छी बात लगती है कि उन्होंने हर जगह शौचालय बनाएं

मेरा नाम अमन हैऔर मैं खेलता हूं स्वच्छता के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है उसका और स्वच्छता दिख रही है

स्कूल में भी डस्टबीन वगैरह लगाई गई हैं कोई बच्चा कूड़ा कचरा करता है तो टीचर लोग उनको डांटते भी हैं पहले इतना नहीं था इतना अब हो रहा है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान राज्य सभा उप चूनाव में निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं श्री पासवान ने आज विधान सभा में निर्वाची पदाधिकारी से जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पटना साहिब से लोकसभा के लिए चूने जाने के बाद उन्होंने राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था जिसके कारण यह सीट रिक्त हई थी श्री पासवान अप्रैल दो हजार चौबीस तक राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छह जुलाई को पटना में होगी राजद के प्रधान महासचिव एस एम कमर आलम ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के साथ ही होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पर विचार किया जाएगा प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है सीतामढ़ी अररिया लखीसराय नालंदा नवादा गया और जहानाबाद में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूर्णियां मोतिहारी वाल्मिकीनगर और दरभंगा में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर बारिश पूर्णियां में रिकॉर्ड की गयी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य के ज्यादातर हिस्सो में अगले चौबीस घंटों के दौरान बादल छाये रहेंगे इधर पटना और आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा आज गया चालीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा पटना का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव छह भागलपुर का अड़तीस दशमलव छह और पूर्णियां का तैंतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान और उमस में कमी आने के साथ ही मुजफ्फरपूर में संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस के मामलों में कमी आयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एसकेएमसीएच में सिर्फ एक बच्चे को भर्ती कराया गया है अभी एसकेएमसीएच में तेईस बच्चों का इलाज चल रहा है जिसमें छह की स्थिति गम्भीर बतायी जाती है हालांकि प्रदेश के अन्य इलाकों में दिमागी बुखार से मरने वालें बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है मुजफ्फरपूर के केजरीवाल अस्पताल के कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड द्वारा एईएस पीड़ित मरीजों के परिजनों के पिटाई का लोगों ने आज जोरदार विरोध किया मरीजों के परिजनों ने जिला प्रशासन से अस्पताल प्रबंधन और अन्य दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किये गये केन्द्रीय जीएसटी के सहायक आयुक्त चंदन पांडेय और एक अधीक्षक शहाबुद्दीन को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बारह जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया गया सीबीआई के अधिकारियों ने कल दोनों को राजद के विधान पार्षद् सुबोध राय से रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना के एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को वाहनों से वसूली करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है सभी पूलिसकर्मियों पर अवैध बालू खनन और गिट्टी के कारोबार में संलिप्त होने और आपराधिक तत्वों से सांठगांठ का आरोप है पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की तीन दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव की आज से प्रनौराधाम में शुरूआत हुई इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है इसके अलावा कई खेलकूद गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है समारोह का शुभारंभ पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने किया औरंगाबाद पुलिस और केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बल के जवानों ने देव के दक्षिणी जंगली इलाके से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली दिलीप शिकारी को गिरफ्तार किया है सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया गांव के पास अपराधियों ने आज कूरियर कंपनी के कर्मचारी से चार लाख पचहत्तर हजार रूपये लूट लिये समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के पास मोटरसाइकिल और बोलेरो की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या एक के पास दो मोटरसाइकिल की टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गयी तथा उसकी मां घायल हो गयी

राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छह जुलाई को

और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई